पच्छाद व धर्मशाला उपचुनाव में नव निवार्चित विधायकों रीना कश्यप और विशाल नैहरिया ने ली विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला के टूटीकंडी स्थित वानर नसबंदी केंद्र व वन्य प्राणी रेसक्यू केंद्र का किया निरीक्षण

इन्वेस्टर मीट की तैयारियां का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज धर्मशाला पहुंच गए हैं उन्होंने उच्च अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्न स्थलों का निरीक्षण भी किया इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा हैं जगह जगह कांगड़ा पेंटिंगस बनाई गई है तथा शहर के मुख्य पार्को बाजारों चार दीवारी और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को लाईटिंग और खूबसूरत रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा शहर जगमग हो गया है इन्वेस्टर मीट की तैयारियों के तहत गगल हवाई अड्डे से लेकर मैकलोडगंज तक सड़कों की पूरी तरह मुरम्मत कर दी गई हैं और इनके किनारे सजावटी फूल पौधे भी लगाए गए हैं सुक्रवू इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुक्खविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का स्वागत किया है उन्होंने आज एक ब्यान में कहा कि कांग्रेस इन्वेस्टर मीट के विरोध में नहीं है कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में नए उद्योग लगे स्वरोजगार का सुजन हो तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर मीट में निवेश कागजों पर नहीं धरातल पर होना चाहिए

ध्मल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का विरोध करना गलत है धूमल ने आज एक ब्यान में कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें वास्तविकता की जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकारों ने हमेशा ही पहाड़ी राज्यों की मदद की है इसके विपरित कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों ने पहाड़ी राज्यों को कुछ देने के बजाए जो पहले से मिल रहा था वह भी छिन लिया उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिला विशेष औद्योगिक पैकेज यूपीए सरकार ने ही छिना था उन्होंने सभी दलों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने का आहवान किया

इस आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेता खासकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गुरकीरत सिंह और पर्यवेक्षक नाना पटोले भी मौजूद रहेंगे ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही इस दौरान राठौर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए कांग्रेस विधायकों को अभी तक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से कोई न्यौता नहीं मिला है इस संबंध में मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से भी कोई बातचीत नहीं की है उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों से सरकार को अगर सुझाव लेने ही थे तो निवेशकों से एमओयू करने से पहले लिए जाते

शपथ प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भाजपा के नवनिवार्चित विधायकों रीना कश्यप और विशाल नैहरिया को आज शिमला स्थित विधानसभा में एक सादे समारोह में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई रीना कश्यप पच्छाद जबकि विशाल नैहरिया धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में संपन्न उपचुनाव में विजयी हुए थे शपथ ग्रहण समरोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और रामलाल मारकंडा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सांसद सुरेश कश्यप और अन्य विधायक मौजूद रहे बिंदल ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोनों विधायकों से तन मन धन से अपने क्षेत्र के विकास में जुट जाने को कहा

इस मौके पर उन्होंने वन्य प्राणी प्रभाग के अधिकारियों को वानर नसबंदी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने अगले वर्ष के लिए नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने और इसे हासिल करने के लिए मोबाईल वैन नसबंदी ऑपरेशन को प्राथमिकता देने को भी कहा वन मंत्री ने लोगों को बंदरों के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को कहा उन्होंने रेस्कयू केंद्र के बारे में भी जानकारी दी नामांकन प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज संपन्न हो गया कल पांच नवम्बर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और सात नवम्बर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे सात नवम्बर को ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे

इसी दिन मतगणना के तुरंत बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे

इसके अलावा जिला परिषद की एक और पंचायत समिति के आठ पदों के लिए भी इसी दिन उपचुनाव होने हैं वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला में गृहिणी सुविधा योजना के तहत शतप्रतिशत पात्र लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा में गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण के मौके पर बोल रहे थे

कंवर ने लोगों से प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने का भी आहवान किया उन्होंने बाद में अधिकारियों के साथ एक बैठक में कुटलैहड़ की विकास योजनाओं की समीक्षा भी की सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि मेले लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनने चाहिए सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में दो दिवसीय दुर्गा माता मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अपने गांव शहर प्रदेश व राष्ट्र को स्वच्छ तथा युवाओं को नशे से दूर रखना महत्वपूर्ण है उन्होंने लोगों से अपनी संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चि करने का भी आहवान किया मौसम प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में जोरदार ठण्ड का सामना करना पड़ सकता है